महेंद्र सिंह ठाक्र ने आज मंडी ज़िला के धर्मपुर में सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग के वृत की बैठक को संबोधित करते हुए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन इलाकों में पानी की किल्लत होती है उनमें विभाग पीने के पानी की आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित करें उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में पीने के पानी की आपूर्ति केवल विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से ही की जाएगी यदि कहीं पर आवश्यकता पड़ती है तो प्रशासन की अनुमति के बाद ही टैंकर द्वारा पानी की आपूर्ति की जाएगी उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के चारों जोन के मुख्य अभियंता अपने अधिनस्थों के साथ बैठकर सूखे के किसी भी संभावना से निपटने के लिए कार्ये योजना भी बनाएंगे कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि राज्य के प्रत्येक गांव के लिए एम्बलेंस योग्य सड़क और पीने के पानी की व्यवस्था प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है वीरेंद्र कंवर आज क्टलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के कोटला रवुर्द में नवनिर्मित मां छिन्नमस्तिका कृष्ठ आश्रम भवन के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे कंवर ने लोकसभा चुनाव में आपार जनसमर्थन के लिए कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नितियों को सराहना मिली है

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिक समाज की बहमूल्य पूंजी है जिनके अनुभव से समाज को नई दिशा मिलती है बिंदल आज नाहन में उनसे मिलने आए शहर के वरिष्ठ नागरिकों के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर रहे थे बिंदल ने कहा कि नाहन शहर के वरिष्ठ नागरिक शहर की व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं जो प्रसन्नता का विषय है उन्होंने आशवासन दिया कि शहर के वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता को आधार पर हल किया जाएगा दर्घटना ऊना ज़िले के हरोली क्षेत्र के जननी में बीती रात एक ट्रैक्टर के गहरी खाई में गिर कर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से तीन लोगों की मौत हो गई दुर्घटना के समय ट्रैक्टर ट्राली रेत से भरी थी मृतकों की पहचान धर्मेद्र कुमार पुरूषोतम लाल और गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है ये तीनों गढ़शंकर क्षेत्र के रहने वाले थे घटना की सूचना मिलते ही पुलिस राहत व बचाव दल के साथ घटना स्थल पर पहुंची और शवों को खाई से निकाला पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर इन्हें परिजनों के हवाले कर दिया है डीसी शिमला उपायुक्त व अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव कमेटी के अध्यक्ष राजेश्वर गोयल ने कहा है कि ग्रीष्मोत्सव के उपलक्ष्य में दो जून को फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा फोटोग्राफी प्रतियोगिता तीन वर्गों में होगी प्रतिभागियों को दो विषयों हैरिटेज ऑफ शिमला और पैनोरमिक शिमला पर अपनी प्रविष्टियां देनी होगी इस बीच ग्रीष्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज रिज मैदान पर स्थित दौलत सिंह पार्क में वरिष्ठ वर्ग की दो दिवसीय अंतर विद्यालय स्थलीय चित्रकला प्रतियोगिता आरम्भ हुई उपायुक्त ने प्रतियोगिता का शुभारम्भ करते हुए प्रतिभागियों का आहवान किया कि वे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद गतिविधियों में भी नियमित भाग लें

इस दौरान सार्वजनिक स्थलों शिक्षण संस्थानों और अन्य स्थानों पर आपदा के दौरान राहत व बचाव कार्य का अभ्यास किया जाएगा शोक व्यक्त चंबा के मोहल्ला रामगढ़ वयोवुद्ध स्वतंत्रता सैनानी ज्ञान चंद का कल निधन हो गया

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान चंद के निधन से अपूर्णीय क्षति हुई हैं वह आजाद हिंद फौज के सदस्य भी थे विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने भी वयोवद्ध स्वतंत्रता सैनानी के निधन पर शोक व्यक्त किया है